न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने वर्ष दो हजार सत्रह के फैसले पर पुनर्विचार की अक्षय कुमार सिंह की याचिका खारिज कर दी पीठ ने कहा कि पहले के फैसले पर पुनर्विचार का कोई आधार नहीं है पीठ ने कहा कि दोषी की आपत्तियों पर उच्चतम न्यायालय अपने पहले के फैसले में अच्छी तरह विचार कर चुका है दोषी की याचिका का विरोध करते हुए महाधिवक्ता तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि अक्षय किसी देया का पात्र नहीं है श्री मेहता ने कहा कि इस मामले के दोषी प्रे प्रयास कर रहे हैं कि फैसले के अनुपालन को किसी न किसी तरह से लटकाकर रखा जाए उन्होंने कहा कि कानन को जल्द से जल्द अपना काम करना चाहिए इस बीच दोषी अक्षय के वकील ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करने के लिए न्यायालय से तीन सप्ताह का समय मांगा है महाधिवक्ता तृषार मेहता ने अदालत को याद दिलाया कि राष्ट्रपति को ऐसी याचिका भेजने के लिए कानून के तहत केवल एक सप्ताह का समय निर्धारित है निर्मया की मॉ ने न्यायालय के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की अब लग रहा है कि हम फैसले के नजदीक हैं अब उनको जल्द से जल्द फांसी होगी और निर्भया को इंसाफ मिलेगा क्योंकि इस फैसले से केवल निर्भया के मां बाप और निर्भया को इंतजार नहीं है इस फैसले का पूरे देश की महिलाओं और बच्चियों को इंतजार है उच्चतम न्यायालय के आज के फैसले के बाद निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोषियों को फांसी दिये जाने का रास्ता साफ हो गया है केन्द्र सरकार नाबालिगों के साथ दुष्कर्म सहित ऐसे सभी मामलों की तुरन्त जांच और निपटान के लिए एक हजार से अधिक फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना करने जा रही है इस योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकारे सात सौ सड़सठ करोड़ रुपये वहन करेंगी कानून और न्याय मंत्रालय ने बाल यौन अपराध संरक्षण कानून पॉक्सो के तहत दृष्कर्म के मामलों की तूरन्त जांच और निपटान के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के लिए यह योजना बनाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं और नागरिकों की सुरक्षा के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा है कि किसी को भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी उन्होंने विपक्षी दलों पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि विपक्षी दल रा ट्र की एकता को कमजोर करना चाहते हैं श्री योगी आज विधानसभा में विपक्षी दलों की ओर से प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुददा उठाए जाने के बाद बोल रहे थे श्री योगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रदेश में अपराध की घटनाओं में तेजी से कमी आयी है उन्होंने कहा कि पिछले ढाई व र्गो में प्रदेश में डकैती लट हत्या द कर्म जैसे अपराघ तेजी से कम हुए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए प्रदेश सरकार दो सौ अठारह फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन कर रही है

उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून के संचालन पर रोक लगाने से इंकार किया है न्यायालय ने इस कान्न को चुनौती देने वाली याचिकाओं और इस कान्न की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली मुख्य याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े न्यायमूर्ति वी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के लिए बाईस जनवरी की तिथि निर्घारित की है इस कानून के विरोध में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अन्य ने याचिकाए दायर की हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है इस कानून से भारत के एक सौ तीस करोड़ नागरिकों को नहीं बल्कि घूसपैठियों को चिन्ता होनी चाहिए श्री जावड़ेकर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम से इतर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि देश में नौ सौ विश्वविद्यालय हैं सरकार सभी छात्रों के मुद्दों को सुनती है और उनके प्रति संवेदनशील है

गोरखपुर वाराणसी अयोध्या हमीरपुर प्रतापगढ़ चंदौली समेत अन्य जनपदों में गलन भरी ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं

भदोही में कक्षा आठ तक के विद्यालय बीस दिसम्बर तक बंद रखने का आदेश है